मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारी वर्षा व भूस्खलन से बंद सड़कों पेयजल योजनाओं और बिजली आपूर्ति को तत्काल बहाल करने के दिए निर्देश सम्पर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में की विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाक़ात और प्रदेश में धीमा पड़ा मॉनसून अधिकांश प्रमुख सड़कें बहाल फिर से पटरी पर लौटने लगा अस्त व्यस्त जन जीवन केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है किन्नौर ज़िला के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रिकांगपिओ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं पर संतोष जताया उन्होंने सीमा क्षेत्र के विकास के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन के तालमेल की भी सराहना की किरेन रिजिजू ने रिकांगपिओ में भारत तिब्बत सीमा पूलिस के जवानों और अधिकारियों की एक बैठक को भी संबोधित किया उन्होंने बाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थानीय लोगों को कूड़ेदान भी बांटे इस मौके पर किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का किन्नौरी टोपी पहनाकर स्वागत किया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन से बंद हुई सड़कों पेयजल योजनाओं और बिजली आपूर्ति को तत्काल बहाली के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने शिमला में कल देर सांय एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रभावित स्थानों पर तुरंत श्रम शक्ति और मशीनरी तैनात करने को कहा ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ें मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषकर राष्ट्रीय उच्च मार्गों और अन्य व्यस्त सड़कों पर यातायात नियमित करने के लिए पग उठाए जाएं

जयराम ठाक्र ने ये भी कहा कि सड़कें अवरूद्ध होने के कारण सेब दुलाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए रणघीर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है रणधीर शर्मा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा से जान और माल का व्यापक नुकसान हुआ है और अधिकांश रास्ते बंद है इसी के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह ने प्रदेश का दौरा भी रदद कर दिया है और पूरी सरकार राहत तथा बचाव कार्य में जुट गई है लेकिन कांग्रेस नेता पहले दिन से ही आलोचना में जुट गए हैं भाजपा ने राज्य में भारी वर्षा से जान और माल के नुकसान पर गहरा दुख भी प्रकट किया है सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुक्खविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन बूरी तरह से विफल रहा है और सरकार एक ही वर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने में नाकाम रही है सुक्खू ने आज शिमला में एक बयान में कहा है कि मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी के बावजूद प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए पुरी तैयारी नहीं कर पाई उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ताहाल होने का आरोप भी लगाया स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह कल कांगडा जिले के इंदौरा में होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे

इसी तरह शिमला में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कुल्लू में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर ऊना में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ध्वजारोहण करेंगें सिरमौर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल किन्नौर में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा हमीरपुर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी लाहौल स्पीति में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा चंबा में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कवंर मंडी में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर सोलन में परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर जबकि बिलासपुर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल झंडा फहरायेंगे

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है जिसका श्रेय प्रदेश के मेहनकश और ईमानदार लोगों को जाता है

राष्ट्रपति के रूप में उनका यह दूसरा संबोधन होगा इस संबोधन का आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी प्रसारण किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत और इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा तिरंगा केन्द्र ने सभी नागरिकों से प्लास्टिक के बने तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से भी इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम के अवसर पर कागज से बने तिरंगे का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए कलस्टर केंद्रीय खाद्य विधायन उद्योग मंत्रालय की अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति ने कांगड़ा जिले में लूंज के समीप सालू गांव में कृषि संसाधन कलस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है

किशन कपूर खाद्य व आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने युवाओं से मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना का लाभ उठाने का आहवान किया है

वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार खेल कूद को प्राथमिकता दे रही है

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण व गरीब जनता के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाए चलाई हैं प्रदेश सरकार इन योजनाओं का लाभ अपेक्षित वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के सम्पर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत आज शिमला में आईजीएमसी से सेवा निवृत प्राचार्य डॉक्टर डीजे दास गुप्ता सेवा निवृत न्यायाधीश आर के महाजन और सेवा निवृत पुलिस महानिदेशक टीआर महाजन से उनके निवास स्थानों पर जाकर मुलाकात की मुख्यमंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों की पुस्तिका भी भेंट की धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि वन महोत्सव एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए बल्कि रोपे गए पौंधों का संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेवारी है धूमल आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बाबा कमलाहिया के प्रांगण में आयोजित वन महोत्सव के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद से आज तक देश में जितने पौधे लगाए यदि वे सभी बचे रहते तो देश में एक इंच भी जमीन बिना पौधे के नहीं रहती उन्होंने कहा कि आज इस बात पर आत्म विशलेषण करने की जरूरत है कि हम जो पौधे लगाते हैं वे कहां जाते हैं

भूस्खलन और जमीन धंसने से बंद सड़कों को खोलने का काम फिर से युद्ध स्तर पर आरम्भ हो गया है हालांकि अभी भी राज्य की अधिकांश सम्पर्क सड़कें जहां बंद हैं वहीं मुख्य मार्गों पर भी भूस्खलन के कारण यातायात बार बार अवरूद्व हो रहा है

इसी तरह कोटी और पट्टा मोड़ के पास भी बार बार हो रहे भूस्खलन से यातायात में बाधा आ रही है मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी यातायात के लिए बंद है जबकि चंडीगढ मनाली सड़क पर यातायात बहाल हो गया है इधर राजधानी शिमला में भारी वर्षा से हुई तबाही के बाद अब पेयजल संकट पैदा हो गया है शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली लगभग सभी योजनाओं के भारी वर्षा के कारण ठप्प हो जाने के चलते आज शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई

शिमला और आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद हल्की वर्षा भी हुई किन्नौर ज़िला में मलिंग नाला में बंद हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग बीती रात से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है इस बीच मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के मुताबिक अगले चार दिनों तक प्रदेश में मॉनसून धीमा रहेगा जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है

इन पंचायतों को बिजली अपूर्ति करने वाला सुराल स्थित हिमऊर्जा का पॉवर हाउस बादल फटने की घटना में क्षतिग्रस्त हो गया है स्थानीय लोग ने इसे तुरंत ठीक करने और प्रभावित गांवों को बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है